भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल जम्मू में कठ्आ तथा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और मुरादाबाद में चुनाव रैलियों को संबोधित किया इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को मिल रहा है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद भ्रष्टाचार और गरीबी समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है जबकि विपक्षी दल उन्हें हटाना चाहते हैं वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में सिल्म्र में रोड शो किया आम चुनाव के लिए उत्तरप्रदेश के बाहर यह उनका पहला प्रचार था उत्तरप्रदेश में रामपुर में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन देश में व्यापक परिवर्तन के लिए बनाया गया है उन्होंने कहा कि देश के दलित किसान और गरीब आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद अब भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने छत्तीासगढ़ में जांजगीर चांपा जिले में जनसभा की उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही विपक्षी दलों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए केन्द्रीय अन्वेंषण ब्यूंरो और प्रवर्तन निदेशालय का द्रुपयोग किया है उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ सहित कांग्रेस शासित राज्यों में प्रस्तावित न्यांय योजना लागू क्यों नहीं की जा रह इस चरण में छत्तीसगढ़ की तीन सीटों पर वोट डाले जाएँगे

इन क्षेत्रो में अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले खालवा में जनसभा को संबोधित किया खालवा बैतूल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस के ही तत्कालीन वरिष्ठ नेताओं ने देश और सेना के विकास के लिए अनेक कार्य किए थे मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा की आड़ लेकर नौजवानों की समस्याओं और बेरोजगारी आदि गंभीर मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं वहीं भाजपा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल और रीवा में आज चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे ईवीएम शिकायत विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान ईवीएम के ठीक से काम न करने की शिकायत को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नही उठा रहा है कल नई दिल्ली में एक संयुक्त सम्मेलन में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मांग की कि वीवीपैट की पचास प्रतिशत पर्चियों की गणना की जानी चाहिए वहीं कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी नेअकहा कि ईवीएम की कथित गडबड़ियों के बारे में विपक्षी दल उच्चतम न्यायालय जायेंगे और इस पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलायेंगे इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का न तो कोई गवर्नेस का एजेंडा है और न ही उनका नेतृत्व ही ऐसा है जो लोगों को प्रेरित कर सके भाजपा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बीडी शर्मा खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी बनाये गये हैं उनके नाम का फैसला केन्द्रीय भाजपा चुनाव समिति ने लिया पार्टी ने धार से छतर सिंह दरबार और रतलाम से जी एस डामोर को उम्मीद्वार बनाया है

अभी भोपाल इंदौर विदिशा सागर और गुना के उम्मीद्वार शेष हैं

कांग्रेस को एक मात्र इंदौर से प्रत्याशी घोषित करना है

हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीन सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को सौंपी थी डीजी ईओडब्ल्यू केएन तिवारी का कहना है कि इस मामले में जल्द ही कुछ गिरफ्तारियां भी की जाएंगी रिपोर्ट में तत्कालीन कुलपति प्रो बीके कुठियाला के दो कार्यकाल में अपात्र लोगों की नियुक्तियों और वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा हुआ था इसी के बाद मामला दर्ज किया गया

विद्युत आपूर्ति ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने जिले में विद्युत की आपूर्ति निर्वाध रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं श्री चौधरी ने कहा है कि अघोषित रूप से विद्युत कटौती नहीं होना चाहिए कल विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए

इसके साथ ही एमएलबी कॉलेज से मतदान सामग्री वितरण तथा मतगणना का कार्य होगा दोनों ही स्थानों पर विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए शिवपुरी जलावर्धन शिवपुरी में सिंध जलावर्धन योजना के तहत खराब प्लास्टिक की पाइप लाइनों को बदलने का काम प्ररा हो गया है और इस समय टेस्टिंग का काम जारी है नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया है कि टेस्टिंग पूरी होते ही मड़ीखेड़ा डेम से पाइप लाइन के जरिए सबसे पहले ओवर हेड टैंकों को भरने का काम किया जाएगा जिससे पानी सप्लाई में मदद मिलेगी यह सप्लाई नियमित रहती है तो गर्मी के दिनों में गहराए पेयजल संकट में मदद मिल सकती है

इस जीत के साथ ही डेल्ही कैपिटल्स अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है

इससे पहले खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच विकेट से हराकर सातवीं जीत दर्ज की आज मुम्बई इंडियन्स का मुकाबला रॉयल चेलेंजर्स बैंगलोर से रात आठ बजे मुम्बई में होगा

राजधानी भोपाल में लू चलने के हालत बन गये हैं

मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर संभाग में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बुंदाबांदी हो सकती है ऊधर नर्मदांचल क्षेत्र में लगातार तेज गरमी के साथ लू का असर बना हुआ है मौसम विभाग के सहायक अधिकारी बीएस गौर ने बताया कि हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी पारा बढ़ रहा है मौसम विभाग ने उज्जैन इन्दौर होशंगाबाद सागर और ग्वालियर संभाग के जिलों में लू चलने की आशंका जताई है

इस दौरान मंत्र तरूण भानोट हर्ष यादव सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे

श्री चौधरी का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था